प्रदेश में मतदान की तैयारियां हुई पूरी मतदान दलों की रवानगी के लिये प्रकिया शुरू

सात दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में व्यापक प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गलतियां करती आ रही है जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड रहा है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में संवेदनशीलता का अभाव है श्री मोदी ने स्वतंत्रता के बाद भारत पाक विभाजन के समय का जिक करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा

उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज प्रदेश के दौरे पर है श्री गांधी अलवर जिले के मालाखेडा झुंझनूं के सूरजगढ और बुहाना और उदयपुर के सलुम्बर क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे झुंझुनू से हमारे संवॉददाता ने बताया कि राहुल गांधी की सभा के लिये आवश्यक तैयारियां कर ली गई है

इसी के तहत आज भी वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक राज्यभर में व्यापक प्रचार कर रहे है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का डीग झुंझुनूं और सांचोर में नितिन गड़करी का बेगू और टोंक में स्मृति ईरानी का जयपुर के सांगानेर सिविललाईन किशनपोल और हवामहल क्षेत्र में और हेमामालीनी का सरदारशहर नवलगढ राजगढ और खण्डार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज सालरा रायपुर कोटडी टोंक तथा कापरेन में चुनाव प्रचार करेंगी टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि टोंक की सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में सबके लिये रौचक बनी हई है क्योंकि भाजपा ने यूनुस खान और कांग्रेस ने सचिन पायलट को मैदान में उतारा हैं आज यूनुस खान के समर्थन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोड शो करेंगे इधर कांग्रेस की ओर से भी आज कई चुनावी रैलियां की जा रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि घर घर मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है वहीं प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है

इस अवसर पर भारतीय नौसेना की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

श्री लांबा ने भरोसा दिलाया है कि नौसेना देश के समुद्री इलाकों में दिन रात निगरानी कर रही हैं

शांतिकाल में देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने और मानवीय सहायता अभियानों में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है